ये नस्ल रंग लिंग धर्म और राष्ट्रों से है ऊपर

छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने टेलीविजन पर दिये अपने संदेश में कहा कि योग लोगों को एकजुट करता है और वैश्विक भाइचारे का संदेश देता है उन्होंने कहा कि योग एकता की शक्ति के रूप में उभरा है यह किसी से भेदभाव नहीं करता तथा नस्ल रंग लिंग धर्म और देश की विभिन्नता के तमाम अंतर से ऊपर है प्रधानमंत्री ने कहा कि योग धरती को स्वस्थ और सुरक्षित बनाने की दिशा में सशक्त प्रयास है यह हमारे श्वसन तंत्र और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के इस दौर में विश्व योग की शक्ति और क्षमता को बेहतर ढंग से समझ रहा है कोरोना संक्रमित लोग योग का लाभ उठा रहे हैं बाइट कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम से श्वसन तंत्र मजबूत होता है

हमारे रेस्पेरेट्री सिस्टम को स्ट्रॉग करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है प्राणायाम सामान्य तौर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम एक प्रकार से पापुलर भी है ये प्रभावी भी हैं योग की ये सभी विधाएं हमारे रेस्पेरेट्री सिस्टम और इम्युनिटी सिस्टम दोनों को मजब्रत करने में बहुत मदद करता है प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष योग दिवस का विषय है घर पर योग परिवार के साथ योग उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्यों के साथ योगाभ्यास करने से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है उन्होंने लोगों से योग को एक दैनिक गतिविधि के रूप में अपनाने की अपील की श्री मोदी ने कहा कि योग न केवल शरीर को स्वस्थ करता है बल्कि मानसिक आरोग्य और भावनात्मक संतुलन भी प्रदान करता है जिससे चुनौतियों से निपटने की क्षमता बढ़ती है प्रधानमंत्री ने कहा कि योग हमें आत्मविश्वास देता है और जीवन की चुनौतियों पर विजय पाने की शक्ति के साथ साथ मन की शांति भी प्रदान करता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि योग विज्ञान विश्व के लिए भारत का सबसे बड़ा उपहार है

लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन प्रांगण में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर योगाभ्यास किया इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि प्रतिदिन नियमित रूप से योग करने से हम शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं तथा रोगों से लड़ने की हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए मुख्यमत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि योग हमारे जीवन से जुड़े भौतिक मानसिक तथा अध्यात्मिक सभी पहलुओं पर काम कर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है उन्होंने कहा कि योग न केवल लोगों को आपस में जोड़ता है वरन स्वास्थ्य के साथ मानसिक उत्थान का सबसे बड़ा मार्ग निर्धारक है और यही वजह है कि भारत की इस परम्परा को वैश्विक स्वरूप प्राप्त हो सका है बाइट भारत की अत्यंत प्राचीन आध्यात्मिक परम्परा में योग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है भारत की इसी परम्परा ने इसीलिए योग के बारे में और उसके महत्व के बारे में ये बातें कही योगामय शरीर जिसे प्राप्त हो जाए वहां न रोग है न बुढ़ापा है और न ही मृत्यु भारत की सनातन परम्परा के इस महत्व को लोगों ने आज समझाा है मैं पूरे प्रदेशवासियों को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के छठे संस्करण पर हृदय से बधाई देता हूं हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का जिनकी दूरदर्शिता और भारत की इस अत्यंत प्राचीन आध्यात्मिक परम्परा को उन्होंने वैश्विक मंच पर एक स्थान दिलाया योग दिवस के अवसर पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा प्रदेश सरकार के मंत्रियों तथा मुख्य सचिव आरकेतिवारी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने कोरोना संकमण के कारण अपने अपने घरा में योग किया उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि योग से आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ता है उन्होंने कहा कि दुनिया में योग दिवस के प्रति लोगों में उत्साह बढ़ा है कोरोना महामारी से निपटने के लिए उन्होंने लोगों से कहा कि वे योग करके अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाय उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सभी प्रदेशवासियों के लिए उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए कहा कि योग मनुष्य के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम करता है कोरोना महामारी के कारण योग के लिए बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर लगे प्रतिबंध के चलते लोगों ने घर के आंगन और छतों पर योगाभ्यास किया शहर के विभिन्न पार्को में भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योगाभ्यास करते दिखायी दिये बस्ती में भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी ने अपने आवास पर परिवार के साथ योगाभ्यास किया इस अवसर पर श्री द्विवेदी ने कहा कि योग के माध्यम से भारत ने पूरी द्रनिया को एक स्वस्थ जीवन जीने का मार्ग बताया है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मादी के प्रयासो से योग को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है आज की महामारो क दौर में भी योग की प्रासंगिकता लोगों के स्वस्थ बने रहने के सन्दर्भ में सिद्ध होती है उधर सिद्धार्थनगर में सांसद जगदम्बिकापाल ने अपने आवास पर योगाभ्यास किया तथा सभी से सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के साथ योगाभ्यास करने की अपील की

देश में कोरोना वायरस की जांच के काम में भी तेजी लाई गई है

देश ने आज अद्भुत खगोलीय घटना वलयकार सूर्यग्रहण का अविस्मरणीय दृश्य देखा इस दौरान सूर्य दहकती आग के गोल छल्ले की तरह दिखाई दिया सूर्यग्रहण सुबह दस बजकर उन्नीस मिनट पर शुरू होकर दोपहर एक बजकर अट्ठावन मिनट तक चला देश के विभिन्न भागों में सूर्य की इस आकृति को लोगों ने अपनी आंखों में कैद किया यह दुर्लभ खगोलीय घटना तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है कुछ समय के लिए चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है प्रदेश में सूर्यग्रहण का नजारा देखने और अध्ययन के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आईआईटी कानपुर एमएनएनआईटी प्रयागराज और बीएचयू आईएमसी सहित प्रदेश में कई संस्थाओं में रिंग आंफ फॉयर की घटना का अध्ययन करने के लिए व्यवस्थाएं की गई थीं वैज्ञानिकों की लोगों को इस खगोलिया घटना को नंगी आंखों से नहीं देखने की सलाह के चलते अधिकांश लोग अधिकांश समय अपने टीवी सेटों पर चिपके रहे कुछ लोगों को चन्द्रमा की छाया के दृश्यों को अच्छी तरह और सुरक्षित ढंग से देखने के लिए दूरबीन सनग्लास और एक्सरे फिल्म का प्रयोग करते देखा गया हालांकि कई स्थानों पर आसमान में बादल छाये होने के कारण लोगों को इस अवसर से वंचित और निराश होना पड़ा धार्मिक मान्यताओं को लेकर कई मंदिरों के गेट ग्रहण के समय बंद कर दिए गए और लोग अपने अपने घरों पर भजन कीर्तन करते दिखे ग्रहण के दौरान सड़कों पर अपेक्षाकृत कम भीड़ भाड़ रही